ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज ऑनलाइन माध्यम से गोड्डा रेलवे स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस की करेंगे शुरुआत

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामालों को देखते हए बुलाई गई है प्रधानमंत्री इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा करेंगे

उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था

खुराक लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड को हराने के लिए टीकाकरण जैसे ही कुछ उपाय उपलब्ध हैं उन्होंने पात्र लोगों से जल्द से जल्द टीका लगाने का अनुरोध किया

इधर स्वास्थ्य विभाग को पांच हजार बेड तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है

झारखंड में कोरोना वायरस संकमण के मामलों में प्रतिदिन वृद्वि हो रही है

देश में नौ करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है कोविड महामारी से निपटने में यह एक बड़ी उपलब्धि है

इधर झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है अबतक यहां इक्कीस लाख अडसठ हजार पचहत्तर लोगों को पहली और दूसरी खुराक दी गयी है अठारह लाख सताइस हजार आठ सौ छियासी पात्र लोगों को कोरोना रोधी का पहला डोज दिया जा चुका है जबकि दो लाख अठहत्तर हजार नौ सौ नवासी लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा चुका है कल छियासी हजार पांच सौ चौरानबे लोगों को पहला डोज लगाया गया जबकि मात्र चार हजार एक सौ निन्यानबे लोगों को ही दूसरी खुराक दी जा सकी जबकि दूसरी खुराक के लिए कल एक लाख इकसठ हजार से अधिक लोगों का लक्ष्य रखा गया था झारखण्ड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इससे निबटने के लिए कड़े फैसले लेने का आग्रह किया है श्री सेठ ने पत्र में कहा है संकट की घड़ी में साथ मिलकर हमसब को कोरोना से लड़ने की जरूरत है झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है उन्होंने विभिन्न समाचार माध्यमों से मिली खबर के अनुसार सीएम को जानकारी दी कि राज्य के अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाए उपलब्ध नहीं हैं

श्री सेठ ने कहा है कि निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों का दोहन कर रहे हैं जो नागरिक हित में उचित नहीं है सरायकेला खरसावां जिले में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बिना फेस मास्क पहने ग्राहकों को द्वकानों में समान नहीं देने का निर्देश जारी किया है

बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मनोज चौधरी ने कहा पूरी तरह द्कानों के बाहर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हए ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराएंगे

इस मौके पर गोड्डा पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और गोड्डा रेलवे स्टेशन पर तरह तरह की जांच की जा रही है हर एक चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है रेलवे ने उद्घाटन समारोह में भव्य तैयारी की थी जिसे गोड्डा प्रशासन ने हटा दिया है क्योंकि कोविड से बचने के लिए भव्य समारोह करने की इजाजत नहीं दी जायेगी

झारखंड हाइकोर्ट ने कल गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई की अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए अबतक गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत एवं इतिहास के शिक्षकों की अब तक नियुक्ति नहीं किये जाने को लेकर शिक्षा सचिव को फटकार लगायी अदालत ने कहा कि जब सोनी कुमारी के मामले में वृहद पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों में हो रही नियुक्ति पर न तो किसी प्रकार का कोई रोक है और न किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन तो फिर सरकार जेएसएससी की अनुशंसा पर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है अदालत ने इस पर मामले में शिक्षा सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगी है

झारखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को इससे भुगतान होगा प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक को पंत्र लिखा है

राशि के व्यय के लिए वित्त विभाग की शर्तों के अधीन संबंधित ईकाईयों के विरुद्ध राशि नियमानुसार व्यय की जा सकती है

विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने कल साहेबगंज जिले का दौरा किया परिसदन में समिति के सभापति सरयू राय सभी विभागों में अबतक हए प्रगति कार्यों की समीक्षा की समिति मे मथ्रा महतो अनंत ओझा व दीपिका पांडे शामिल थे सभापति र्न कहा जिले में पत्थर खनन का कार्य बृहत पैमाने पर होता है इससे राजस्व तो मिलता ही है लेकिन अवैध खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है इसलिए अवैध खनन पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए सभापति ने सड़क निर्माण पुल पुलिया निर्माण भवन निर्माण आदि की भी समीक्षा की उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक कल्याण स्कूली शिक्षा सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण पर्यटन कला खेलकूद विभाग के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गुमला जिला के डोभडोभी के समीप में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के दस से अधिक लोग घायल हो गए सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है गम्भीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया है इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति ने बताया कि सभी एक साथ पिकनिक मनाने के लिये एक पिकअप वैन लातेहार के महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र स्थित बूढ़ाघाघ जा रहे थे लेकिन विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक से सीधी मिडंत हो गयी जामताड़ा जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है इसी क्रम में कल जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनियां गांव से पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त सात साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा

पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अभियुक्त नारायणपुर थाना अंतर्गत लोकनिया गांव के एक घर से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है